मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज महिलाओं के लिए स्पेशल दाई दीदी क्लीनिक का शुभारंभ किया

भारतीय उद्योग परिसंघ फिक्की के एक कार्यक्रम को वर्च्अल माध्यम से संबोधित करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इस टीके के वितरण के लिए दिशा निर्देश तैयार ॅकिए जा रहे हैं उन्होंने कहा कि कोरोना योद्वाओं के बाद यह टीका पैंसठ वर्ष से अधिक आयु के लोगों को लगाया जायेगा डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि अगले वर्ष जुलाई या अगस्त तक इस टीके की चालीस से पचास करोड़ खुराकें उपलब्ध होंगी जो शुरूआती दौर में तीस से पैंतीस करोड़ लोगों को दी जा सकेंगी इधर छत्तीसगढ में डेथ ऑडिट रिव्यू में यह जानकारी सामने आई है कि कोमार्बिडिटी वाले मृतकों का प्रतिशत उनसठ जबकि कोरोना संक्रमण से मृत्यु का प्रतिशत इकतालीस था वहीं राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज कोविड अस्पताल में कथित रूप से ऑक्सीजन की कमी से एक कोरोना संक्रमित व्यक्ति की मौत होने की खबर है स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने मामले को गंभीरता से लेते हुए मेडिकल कॉलेज की डीन डॉक्टर रेणुका गहिने को जांच के आदेश दिए हैं इस बीच राजनांदगांव कलेक्टर टीके वर्मा और पुलिस अधीक्षक डी श्रवण ने शहर के प्रमुख बाजार का निरीक्षण किया इस दौरान मास्क नहीं लगाने वालों पर चालानी कार्रवाई की गई साथ ही कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं कराने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनकी दुकाने सील की गईं इस बीच अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी आकर्षी कश्यप ने लोगों से कोरोना वायरस से बचाव के लिए आवश्यक सावधानी बरतने की अपील की है

इसके अंतर्गत कोविड योद्धाओं के आश्रितों को शामिल किया गया है इनके लिए पांच सीटें आरक्षित की गई हैं स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि इसका उद्देश्य कोरोना के रोगियों के उपचार में लगे कोविड योद्वाओं के योगदान को सम्मानित करना है

मुख्यमंत्री ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में रायपुर दर्ग भिलाई और बिलासपुर नगर निगम क्षेत्र के लिए तीन स्पेशल मोबाइल दाई दीदी क्लीनिक को अपने रायपुर स्थित निवास कार्यालय से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया इस दाई दीदी स्पेशल क्लीनिक में डॉक्टर सहित सभी चिकित्सकीय स्टाफ महिलाए होंगी और इसमें केवल महिलाओं का ही निःशुल्क इलाज किया जाएगा महिलाओं के लिए शुरू किया जाने वाला यह स्पेशल मेडिकल मोबाइल क्लीनिक देश में अपनी तरह का पहला अनूठा क्लीनिक होगा इस क्लीनिक के शुरू होने से महिला श्रमिकों और स्लम क्षेत्रों में निवासरत् महिलाओं तथा बच्चियों को अपने घर के निकट ही महिला डॉक्टरों के माध्यम से इलाज की सुविधा मिलेगी इस क्लीनिक का संचालन मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत किया जाएगा वहीं मुख्यमंत्री ने आज नवा रायपुर में छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम के नए कार्यालय का उद्घाटन किया साथ ही मुख्यमंत्री ने अपने रायपूर स्थित निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग की वेबसाइट का लोकार्पण भी किया विश्व शौचालय दिवस आज विश्व शौचालय दिवस है यह दिन स्वच्छता के बारे में जागरूकता लाने और लोगों को शौचालयों का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है एक संदेश में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि साफ सफाई में लापरवाही से कुपोषण होता है और इससे बीमारियों के फैलने का खतरा बढ जाता है विश्व शौचालय दिवस पर उपराष्टपति ने कहा कि किसी भी स्वस्थ समाज और स्वस्थ राष्ट्र के लिए स्वच्छता और साफ सफाई के लिए प्राथमिकता जरूरी है उन्होंने लोगों से अनुरोध किया कि वे भारत को खले में शौच से मुक्त कराने के लिए अपने संकल्प को फिर से दोहराएं वहीं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि भारत ने सभी के लिए शौचालय की अपनी वचनबद्धता पर दढता से अमल किया है एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में हमने करोडों भारतवासियों को स्वच्छ शौचालय उपलब्ध कराने की शानदार उपलब्धि हासिल की है इधर छत्तीसगढ़ में पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव ने आज अपने निवास कार्यालय से वर्चअल माध्यम से स्वच्छ भारत भिशन ग्रामीण के तहत स्वच्छता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं को अलग अलग पंद्रह विषयों में नगद राशि प्रशस्ति पत्र और ट्रॉर्फी देकर सम्मानित किया इस मौके पर श्री सिंहदेव ने कहा कि प्रदेश में स्वच्छता के माध्यम से स्वच्छ और संदर समाज का निर्माण करना है यह सब सहभागिता से ही संभव हो सकेगा उन्होंने स्वच्छता के क्षेत्र में कॉर्य करने और पुरस्कार जीतने वाले प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन करते हुए इस उपलब्धि को आगे भी कायम रखने और इससे बेहतर करने की अपील की इस मौके पर अट्ठारह विषयों में तुलनात्मक रूप से उत्कृष्ट कार्य करने वालों को व्यक्तिगत और संस्थागत श्रेणी में चार करोड़ पैतीस लाख रूपये के पुरस्कार वितरित किए गए ग्रामीण विकास विमाग के अधिकारियों ने बताया कि स्वच्छता के पहले चरण के तहत तैंतीस लाख शौचालयों का निर्माण किया गया है इसके साथ ही मीड़माड़ वाले क्षेत्रों को ध्यान में रखकर सामुदायिक शौचालयों के निर्माण को बढ़ावा दिया गया है इस बीच श्री सिंहदेव ने सरगुजा जिले को राज्य स्तरीय स्वच्छता पुरस्कार दो हजार बीस में जिला ओडीएफ पुरस्कार के रूप में एक करोड रूपये की राशि प्रदान की सरगजा जिले को अटठारह श्रेणियों में से कूल नौ श्रेणियों में ग्यारह जबकि जिला स्तर पर आठ श्रेणियों में उन्नीस पुरस्कार मिले हैं उघर केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने आज सरपंच संवाद कार्यक्रम के तहत दूर्ग जिले के ओडीएफ प्लस ग्राम रिसामा की सरपंच गीता महानंदा से वर्चअल संवाद किया इस दौरान श्रीमती महानंदा ने श्री शेखावत को बताया कि उनके गांव को इसी साल तेरह अगस्त को ओडीएफ प्लस घोषित किया गया था इसमें गांव की मितानिन स्व सहायता समूह आंगनबाड़ी केन्द्र की कार्यकर्ता ग्रामीणों और एनसीसी के विद्यार्थियों का सहयोग मिला उन्होंने बताया कि दूसरे चरण में ओडीएफ प्लस के तहत गांव में ठोस और तरल अपशिष्ट का प्रबंधन किया जा रहा है

ऐसे में छात्रों को हर हाल में ऑनलाइन कक्षा में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी उच्च शिक्षा विभाग ने सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को पत्र जारी कर कहा है कि पाठयक्रम में किसी भी प्रकार से कटौती नहीं की जाएगी पुराने पाठयक्रमों के आधार पर छात्रों को ऑनलाइन पढाया जाए विभाग ने पत्र में स्पष्ट किया है कि ऑनलाइन कक्षा में छात्रो का जुड़ना अनिवार्य है जो छात्र ऑनलाइन नहीं जुड़ेंगे उन्हें अनुपस्थित माना जाएगा अगर छात्रों की उपस्थिति कम हुई तो उन्हें परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा

इनके पास से विस्फोटक माओवादी वर्दी नक्सली साहित्य और नगदी रकम बरामद की गई है गिरफ्तार महिला माओवादी पर दो लाख रूपये का इनाम घोषित था उधर दंतेवाड़ा जिले में लोन वर्रादू अभियान से प्रेरित होकर एक माओवादी ने पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया भाजपा महिला मोर्चा भाजपा महिला मोर्चा की नव नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष शालिनी राजपूत ने कहा है कि प्रदेश में महिला संगठन को एकजुट कर सशक्त बनाया जाएगा श्रीमती राजपूत आज दंतेवाड़ा में पत्रकारों से बातचीत कर रही थी उन्होंने कहा कि प्रदेश में महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार के खिलाफ एकजुट होकर महिलाओं के हक के लिए लडाई लडी जाएगी इससे पहले श्रीमती राजपूत ने मां दंतेश्वरी की पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की हाथी उत्पात कोरिया जिले में हाथियों के दल ने खड़गवां क्षेत्र के कई गांवों की फसलों को नुकसान पहंचाया है मिली जानकारी के मुताबिक क्षेत्र के मंगोरा बिरनीडांड बेलकामार भुसकीडांड कटकोना कारिछापर भुजबलडांड और जरौधा में कई ग्रामीणों के मकानों को क्षतिग्रस्त कर दिया है वहीं हाथियों के हमले में एक पशु घायल हो गया है हाथियों के दल ने क्षेत्र में धान अरहर बाजरा सरसो आलू शकरकंद और उड़द की फसलों को बर्बाद कर दिया है छठ पर्व छत्तीसगढ़ सहित देशमर में छठ पर्व श्रद्धा और उत्साह से मनाया जा रहा है छठ पर्व के दूसरे दिन आज शाम खरना पूजा की जायेगी इस दौरान व्रती और श्रद्वालु सूर्य देवता की अराधना कर उन्हें खीर पूड़ी और फल अर्पित करेंगे छठब्रती खरना प्रसाद ग्रहण करने के बाद छत्तीस घंटे का निर्जल उपवास रखेंगे जो शनिवार सुबह उगते सूरज को अर्घ्य देने के साथ संपन्न होगा कल सूर्य को सांध्य अर्घ्य दिया जाएगा चार दिन का यह पर्व शनिवार सुबह अर्घ्य के साथ संपन्न हो जाएगा कोरोना संक्रमण के खतरे के मद्देनजर सभी श्रद्धालओं को बचाव से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा गया है राज्य सरकार ने छठ पर्व को लेकर विशेष दिशा निर्देश भी जारी किए हैं इस बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को छठ पर्व की बघाई और श्र्मकामनाएं दी हैं उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे छठ पूजा के दौरान कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जारी दिशा निर्देशों का कडाई से पालन करें वहीं राज्य सरकार ने छठ पर्व के अवसर पर कल सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है इस आदेश के तहत अब राज्य सरकार के कार्यालय और संस्थाओं में कल छुटिटयां रहेंगी उधर बिलासपुर में महापौर रामशरण यादव ने छठ घाट का निरीक्षण किया महापौर ने बताया कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए इस साल यह पर्व भव्यता के साथ नहीं मनाया जा रहा है फिर भी ब्रती महिलाओं की सुविधा के लिए घाट की साफ सफाई कराई जा रही है ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की समस्या न हों

इस मौके पर प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने रायपुर स्थित निवास कार्यालय में स्वर्गीय गांधी के चित्र पर मार्ल्यापण कर श्रद्धांजलि अर्पित की उधर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने विधानसभा परिसर स्थित सेंट्रल हॉल में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के तैलचित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित कर उन्हें याद किया

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए किसान आगामी पंद्रह दिसंबर तक फसलों का बीमा करा सकते हैं ऋणी और अऋणी किसान जो भू घारक और बटाईदार हैं वे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत सम्मिलित हो सकते हैं किसानों को निर्घारित प्रपत्र में हस्ताक्षरित घोषणा पत्र बीमा की अंतिम तिथि पंद्रह दिसंबर के सात दिन पूर्व संबंधित बैंक में अनिवार्य रूप से जमा करना होगा समुद्र सिंह गिरफ्तार आबकारी विमाग में करोड़ों रूपये के घोटाले के आरोप में फरार ओएसडी समुद्र सिंह को आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ईओडब्ल्यू की टीम ने आज राजधानी रायपुर के पास बोरियाकला स्थित निवास स्थान से गिरफ्तार कर लिया है गिरफ्तारी के बाद समुद्र सिंह को स्वास्थ्य खराब होने की शिकायत पर राजधानी के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है गौरतलब है कि करीब डेढ़ साल से फरार समुद्र सिंह पर आबकारी विभाग में करोड़ों रूपये की गड़बड़ी करने का आरोप है मामले की जांच शुरू होने के बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था ईओडब्ल्यू ने समुद्र सिंह की गिरफ्तारी के लिए दस हजार रूपये का इनाम भी घोषित कर रखा था दुर्घटना दुर्ग जिले के भिलाई तीन में कल देर शाम हुई एक सड़क दुर्घटना में मां बेटी की मौत हो गई मिली जानकारी के मुताबिक राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क पार कर रही मां बेटी को एक तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी इस हादर्स में मां की मौके पर ही मौत हो गई जबकि इलाज के दौरान आज सुबह बेटी ने भी दम तोड़ दिया उधर कोरबा चांपा मार्ग पर पताड़ी फ्लाई ओव्हरब्रिज पर हुई सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि तीन अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं मौसम प्रदेश के कुछ हिस्सों खासकर सरगुजा संभाग में कुछ जगहों पर आज तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में दक्षिण पर्व से आ रही नमीयुक्त और गर्म हवा के कारण हल्के बादल छाए हए हैं इसके कारण तापमान में भी वृद्धि दर्ज की गई है आने वाले चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश के तापमान में विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है कुछ स्थानों पर हल्के बादल छाए रहेंगे वहीं एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ बौछारें पड सकती हैं संक्षिप्त समाचार राज्यपाल अनुसुईया उइके ने शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय रायगढ़ के कुलपति पद पर प्रोफेसर डॉक्टर ललित प्रकाश पटेरिया को नियुक्त किया है छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध कवि पंडित विनोद कुमार शुक्ल को जनकवि नागार्जुन स्मृति सम्मान प्रदान किया गया है अजितेश पांडेय ने आज रायपुर स्थित चिप्स कार्यालय में अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी का पदभार संभाल लिया है इसके पूर्व श्री पांडेय छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल के आयुक्त के पद पर कार्यरत् थे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित निजी कृषि उद्यानिकी और कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालयों भें अब प्रबंधन कोटा की सीटों के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया आगामी इक्कीस नवंबर से अट्ठारह दिसंबर तक आयोजित की जाएगी सैनिक स्कूल अंबिकापुर में आगामी शैक्षणिक सत्र के लिए कक्षा छठवीं और नवमीं में प्रवेश के लिए होने वाली परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र अब तीन दिसंबर तक जमा किए जा सकते हैं जांजगीर चांपा जिले में नकली कीटनाशक दवाई की बिक्री की शिकायत के बाद जांच के लिए नौ टीम गठित की गई है टीम ने जांच के बाद इक्कीस विक्रय केन्द्रों को नोटिस जारी किया है राजनांदगांव जिले के ग्राम जोम में दो दिन पहले हुई मां बेटी की हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है आरोप है कि हत्या उनके बेटे ने ही की थी आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया है